चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बीसलपुर बांध आज शाम तक हो सकता है ओवरफ्लो

भारी बारिश के बाद प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे है

जिले के गच्छीपुरा गांव का सम्पर्क अन्य कस्बो से कट गया है वही रेलवे ट्रैक पानी में ड्व गया है डेगाना में भी ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण ट्रेन रोकी गई है

इसके साथ ही जिले के हरसोर पीरजी का नाका और मोकाला बांध भर चुके है भरतपुर में बरसात के कारण आमजन प्रभावित हुआ है

बरसात का पानी कई इलाको में उतर चुका है और जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है पार्वती सुकनी और कालीसिंध नदियों में पानी का उफान कम होने के कारण सड़क यातायात सामान्य हो गया है

सवाई माधोपुर जिले में भी चम्बल किनारे बसे गांवों में प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है जिला कलेक्टर ने कल इन गांवों का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

बूंदी जिले में हो रही बरसात से क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भर गया जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यो में लगा हुआ है

सड़कों में कटाव कई कॉलोनियों और बस्तियों में पानी जमा हो गया है नगरनिगम आयुक्त ने पूरे शहर का सघन दौरान किया

जिले के अतिवृष्टि से प्रभावित लसाड़िया गांव में कल चिकित्सा और जनसंपर्क मंत्री रघ् शर्मा ने दौरा किया उन्होंने डाई नदी में लापता युवक को ढूंढने के लिए सावधानी से काम करने के निर्देश दिए पाली शहर में बाईपास के नजदीक एसडीआरएफ टीम ने बाण्डी नदी के बहाव क्षेत्र में फसे दंपति को सकशल बाहर निकाल लिया है वही जिले के बाली उपखण्ड में एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई है बाड़मेर जिले में आज लूणी नदी का पानी बालोतरा पहचा लूणी नदी में दो साल बाद पानी आने से स्थानीय लोगों में उत्साह है

प्रदेश के अनेक नदी नाले उफान पर है जबकि कई बांध लबालब हो गए है जयप्र सहित चार जिलों को पानी की आपूर्ति करने वाला बीसलपुर बांध भी लगभग भर गया हैं

बांध में पानी की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा भारत पारम्परिक रूप से शिक्षा और शिक्षकों के निर्माण में नेतृत्व के लिए जाना जाता है हजारों साल से भारतीय शिक्षक विश्व गुरू के रूप में जाने जाते है

कल जयप्र के बिडला ऑडिटोरियम में प्रदर्शनी का उदघाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे सूचना क्रांति और स्टार्टअप संगोष्ठी भी आयोजित होगी परसो राजीव गांधी जयन्ती को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस अवसर पर सुबह जयपुर के रामनिवास बाग से अक्षय ऊर्जा दौड़ का आयोजन किया जाएगा और शाम तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे

मुख्य खेल अधिकारी रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि राजस्थान पुलिस के खेल इतिहास में यह देश के बाहर पहली बार शानदार प्रदर्शन रहा है